प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे इस बार की दीपावली स्थानीय वस्तुओं से ही मनाएं और कहा है कि इस बार की दीपावली को पूरी तरह स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके मनाना हमारा संकल्प और दायित्व है

लोकल के लिए वोकल वोकल फॉर लोकल इसके साथ ही लोकल फॉर दीवाली इसके मंत्र को इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है कि लोकल फॉर दीवाली को खूब प्रमोट करें खूब प्रचार करें हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा लोकल की चर्चा करेगा लोकल प्रोडक्टक का गौरव करेगा नये नये लोगों तक ये बात पहुंचायेगा कि हमारे लोकल प्रोडक्टक कितने अच्छे हैं कितने शानदार हैं किस तरह हमारी पहचान है तो यह बातें दूर दूर तक जायेगी

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवाली पर स्थानीय उत्पादों की खरीद और उन्हें बढ़ावा दने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि जब सभी लोग स्थानीय उत्पादों और उनकी गुणवत्ता की तारीफ करने लगेंगे तो इसका असर औरों पर भी पड़ेगा तथा इन वस्तुओं को बनाने वाले भी इससे लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे समूची स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई चेतना का संचार होगा प्रधानमंत्री ने वाराणसी में तीस विकास परियोजनाओं में से अनेक का उद्घाटन किया और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी स्थानीय लोगों को उन्हीं की भाषा में संबोधित करने की अपनी अनोखी शैली के अनुसार बनारसी अंदाज में पूर्वांचल के किसानों को धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप के बावजूद किसानों ने अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा की है श्री मोदी ने कहा कि वाराणसी में जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनके अंतर्गत शहर और लोगों के जीवन के हर पहलू का ध्यान रखा जा रहा है बाइट मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक रोड़ और इन्फ्रास्टक्चर से लेकर पर्यटन तक बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किये हुए है प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में शानदार कार्य हुआ है उन्होंने कहा कि वाराणसी न केवल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बल्कि देश में चिकित्सा सूविधाओं का केंद्र बन गया है

अब उन्हें छोटे मोटे कार्यों के लिए दिल्ली और मुम्बई नहीं जाना पड़ता

प्रधानमंत्री ने जानी मानी बास्केट बाल खिलाड़ी प्रशांति सिंह से बातचीत करते हुए कहा कि काशी के लोगों को चुनौतियों को अवसरों में बदलना आता है उन्हाने कहा कि सम्पूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास सुविधाओं के विकास से काशी के लोगों और खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी बाइट जब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी कोचेज ये जो सुझाव देते हैं उससे जो चीजें बनती हैं वो सच्चे अर्थ में काम आती हैं और आपने देखा होगा कि मैं लगातार खेल जगत से जुड़े लोगों से उनके अनुभव सुनता रहता हूं उनकी जानकारियों लेता रहता हूं और फिर उनको कहीं कहीं ढालने की कोशिश भी करता हूं लेकिन आपने जो सुझाव दिया है इसपर जरूर शासन भी विचार करेगा और खेल जगत में बनारस हर प्रकार से प्रगति करे बनारस की युवा पीढ़ी के जहन के अंदर खेल और जब खेल होता है स्पोर्ट्स होता है तो स्पोर्ट्स में स्पिलीड भी होता है और स्पिलीड जो है वो बहुत बड़ी ताकत होता है

श्री योगी ने कहा है कि इस समय काशी में आठ हजार नौ सौ करोड़ रुपये लागत की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य चल रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दो सौ करोड़ की अन्य परियोजनाएं भी पूरी होकर लोकापर्ण के लिए तैयार थीं लेकिन शहर में स्नातक विधान परिषद चुनाव की वजह से इनका लोकापर्ण नहीं किया जा सका

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

आज जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई उनमें दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट परियोजनाएं गिरिजा देवी संस्कृत संकुल में बहु उद्देश्यीय हॉल के उच्चीकरण की परियोजना बेनियाबाग पार्क म पार्किंग सुविधा का विकास प्रादेशिक सशस्त्र बल पीएसी की बैरकों का निर्माण और सड़कों तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य की शुरुआत शामिल हैं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

उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की दर में कमी आ रही है लेकिन इसके बावजूद किसी भी स्तर पर लापरवाहो और असावधानी जोखिमपूर्ण हो सकती है इसलिये संक्रमण की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था चुस्त दुरूस्त रखी जाये

उन्होंने कहा कि हर जनपद में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी सुबह कोविड अस्पतालों में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में नियमित रूप से बैठक आयोजित करे उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार हेतु कोविड अस्पतालों में भेजने में कतई विलम्ब न किया जाये मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को लगातार जागरूक करने की आवश्यकता बताई

बुलन्दशहर और मल्हनी विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना तीन तीन हालों में और शेष पांच विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना दो दो हालों में की जायेगी इस उप चुनाव में तीन तारीख को वोट डाले गये थे

प्रदेश सरकार ने कहा है कि आम आदमी की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाये

समाप्त